वित्त आयोग पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के साथ ही गरीबी दूर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय लगभग छियानवे हजार आठ सौ रूपये है जबकि राष्ट्रीय औसत एक लाख छब्बीस हजार रूपये का है उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यू दर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कम है इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश को कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ ही आर्थिक वृद्धि दर को तेज गति से बढ़ाने की जरूरत है इससे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में बैठक हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए अनेक प्रस्ताव दिए और आयोग से सहयोग का आग्रह किया उन्होंने केंद्रीय वित्त आयोग से वर्ष दो हजार बाईस के बाद आगामी पांच वर्षों तक राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति देने की मांग की है उन्होंने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बयालीस से बढ़ाकर पचास प्रतिशत तक करने के लिए भी कहा है बैठक में राज्य के मानव विकास सूचकांक पर्यावरण सरंक्षण वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रीय असंतुलन वन क्षेत्रों में विकास और यहां की चुनौतियों समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई गौरतलब है कि पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तेईस जुलाई से छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय प्रवास पर हैं इस दौरान उन्होंने रायपुर में पंचायती राज संस्थानों नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कम वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए राजस्व अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं आज नवा रायपुर में राजस्व और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि वे वैकल्पिक फसलों के बीज खाद और पशु के चारे की व्यवस्था करें उन्होंने धान की शीघ्र पकने वाली फसल की बोआई करने की सलाह किसानों को दी है गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेश के सात जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है जबकि शेष बीस जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है इन इलाकों में फसलों के सूखने की खबर है पुलिस विभाग जांच समिति पुलिस मुख्यालय ने वर्ष दो हजार दस से दो हजार पंद्रह के बीच पदोन्नति में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है एडीजी प्रशासन अशोक जुनेजा जांच टीम के प्रमुख बनाए गए हैं वहीं एसआईबी के डीआईजी सुंदरराज पी डीआईजी प्रशासन ओपी पॉल डीआईजी एससी द्विवेदी और डीआईजी इंटेलिजेंस अजय यादव को जांच टीम का सदस्य बनाया गया है यह टीम पांच वर्षो के दौरान हुई सभी पदोन्नति के प्रकरणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंपेगी गौरतलब है कि पुलिस विभाग में पदोन्नति में गड़बड़ी की शिकायत के बाद यह समिति गठित की गई है

कोयले और तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण ग्राहकों को आगामी दो माह तक तेरह पैसा वीसीए चार्ज देना अनिवार्य किया गया है इसका निर्धारण इलेक्ट्रीसिटी एक्ट के तहत विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाता है प्रदेश में तीस जून दो हजार बारह से वीसीए चार्ज लेना शुरू किया गया है जिसमें समय समय पर बदलाव किया जाता है गौरतलब है कि विद्युत वितरण कंपनी के कुल खर्च का लगभग पचहत्तर से अस्सी प्रतिशत खर्चा पावर परचेस के रूप में व्यय होता है यह खर्चा विद्युत उत्पादन में लगने वाले कोयले के खरीदी मूल्य में कमी या बढ़ोत्तरी होने के कारण अनियंत्रित होता है इसे समायोजित करने के लिए उपभोक्ताओं से वीसीए चार्ज लिया जाता है

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार आंमत्रित किए हैं लोग माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं या टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर संदेश भेज सकते हैं कार्यक्रम के पिछले कुछ संस्करणों में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आयुष्मान भारत योजना से दस करोड़ से अधिक वंचित और गरीब परिवारों को फायदा होगा जावड़ेकर दूरदर्शन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्वसनीयता और भरोसा दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता हैं आज दूरदर्शन केन्द्र में अत्याधुनिक वीडियो वॉल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग दूरदर्शन की ओर आकृष्ट होंगे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 एक नई एकीकृत प्रसारण नीति तैयार करे जिसमें सभी स्टेक हॉल्डर्स से हम चर्चा विमर्श करके लोगों तक सही जानकारी जल्दी पहुंचे प्रभावी तरीके से पहुंचे और लोग देश के निर्माण कार्य में कैसे जुड़ेंगे वो भाव पैदा करने के लिए एक अच्छी सबकी साझेदारी में अच्छी नीति बने और उस नीति के लिए हम काम शुरू करे यहीं मैं अपील करता हूं श्री जावड़ेकर ने राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक समाचारों के महत्व पर जोर दिया उन्होंने डीडी फ्री डिश दूरदर्शन केन्द्रों के डिजिटीकरण और बंगला टीवी तथा कोरियन टीवी के साथ सहयोग की भी सराहना की नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है यह कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा पहले चरण में रजिस्ट्रीकरण और सहायक रजिस्ट्रकरण अधिकारी की नियुक्ति प्राधिकृत कर्मचारियों का चयन और उनका प्रशिक्षण विधानसभा की निर्वाचक नामावली के आधार पर किया जाएगा यह कार्य उनतीस जुलाई से शुरू होकर दो सितम्बर तक चलेगा वहीं दूसरे चरण में आगामी छह सितंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा सोलह सितंबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी जिसका निराकरण इक्कीस सितम्बर तक किया जाएगा आवेदन पत्रों की जांच चार अक्टूबर तक की जाएगी चौदह अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा मौसम प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने के समाचार मिले हैं मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान रायपुर और बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश हो सकती है

नीति आयोग के निर्देश पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर के प्रतिनिधियों के सहयोग से यह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं इसके तहत महासमुंद और बीजापुर जिले में आज और कल दंतेवाड़ा जिले में उनतीस से इकतीस जुलाई तक और राजनांदगांव तथा बस्तर जिले में एक से तीस अगस्त तक शिविर आयोजित किए जाएंगे इन शिविरों में विशेषज्ञ दिव्यांगों के स्वास्थ्य की जांच कर जरूरत के मुताबिक उपकरणों के लिए पंजीकृत करेंगे संक्षिप्त समाचार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा कारगिल विजय दिवस की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर कल छब्बीस जुलाई को रायपुर स्थित प्यारेलाल यादव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कारगिल के शहीदों की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर में कल जिला रोजगार कार्यालय की ओर से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा